सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने इन खबरों का खण्डन किया है कि सरकार मीडिया पर नजर रखने के लिए निजी एजेंसियों की सेवाएं लेने जा रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी की घोषणा एक छलावा है शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि राज्य के स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा कराई जाएगी प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा तथा ठंडी हवाओं के कारण शीत लहर का असर बढ़ा

वित्त मंत्री ने कहा कि आधार एक गेम चेंजर है और यूपीए सरकार अपने विरोधाभासों और निर्णय न ले पाने में असमर्थता के कारण आधार के बारे में सशंकित रही उन्होंने कहा कि इसका श्रेय लेने की बजाय कांग्रेस के वकीलों ने इसे प्रौद्योगिकी विरोधी और आधार विरोधी बनकर अदालत में चूनौती दी श्री जेटली ने कहा कि निर्णायक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संभव बनाया और एनडीए सरकार ने यूपीए कानून की नए सिरे से जांच की और इसे पूरी तरह बदल दिया

एक समाचार पोर्टल ने हाल ही में एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि पत्र सुचना कार्यालय ने पिछले महीने एक टेंडर जारी किया है जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर खबरो के संग्रह विश्लेषण और फीडबैक के लिए निजी एजेंसियो से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं अपने ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचारों के संग्रह के लिए पहले भी इसी प्रकार के अनुबंध जारी किए गए थे

नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के बारे में एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पटसन के क्षेत्र में किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है इस सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर करना और इस क्षेत्र की सतत तथा संसाधन दक्ष वृद्धि के लिए नई क्षमता तैयार करने के वास्ते रूपरेखा तैयार करना है

इसमें रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीणों से आवेदन मांगे जायेंगे ताकि उन्हें मनरेगा में रोजगार दिलाया जा सके इस दौरान पुराने जॉब कार्ड का सत्यापन होगा और नये जॉब कार्ड बनाये जायेंगे

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पिछले दिनों ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के रोजगार की वास्तविक मांग दर्ज नहीं हो पा रही है

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आगामी यात्रा में किसानों के साथ एक और छलावा होने वाला है

शिक्षा राज्यमंत्री आज नागौर जिले के रिंगण गांव में एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि छात्रों की परीक्षाएं समय पर हो इसके प्रयास किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए गए स्कूलों को फिर से शुरू करवाया जाएगा

इस दौरान उन्होंने गांवों की समस्याओं का निदान करने और स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा राज्यमंत्री ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है

वहीं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स का पहला चरण आज से शुरू हुआ

इसके लिए सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए विशेष बदलाव ग्रूप बनाया गया है समूह की संयोजक आशा चपलोत ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि इस समूह का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह दहेज और मृत्य भोज जैसी करीतियों को समाप्त करना है

हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

चूरू हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश के समाचार है

ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टैस्ट खेल रहे कुलदीप यादव ने पांच खिलाड़ियों को आउट किया बारिश के कारण आज का खेल देरी से शुरू हुआ था

खराब रोशनी की वजह से दिन का खेल जल्दी समाप्त कर दिया गया दिन के खेल की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के छह रन बना लिए थे

मैच शाम सात बजे शुरू होगा